श्री मोदीने टवीट संदेश में देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा श्री मोदी ने खेलकूद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरूकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगों से हैशटेग वोट कर का उपयोग कर अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि हर एक को अधिक से अधिक संख्या में मतदान सुनिश्चित कराने का प्रयास करना होगा कांग्रेस पार्टी ने आज वादा किया कि देश के सबसे ज्यादा गरीब बीस प्रतिशत लोगों को न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत बहत्तर हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जाएंगे नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी ने बताया कि इस योजना से पांच करोड़ परिवारों के पच्चीस करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्रों अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच रिपोर्ट पेश करने से संबंधित याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक ग्रप्ता की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में जांच की वर्तमान स्थिति से पीठ को दो सप्ताह के भीतर अवगत कराएं लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन रहा हमारे संवददाता ने बताय कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन पत्र भरे मशहूर फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी ने आज मथुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया आज ही अन्य भाजपा प्रत्याशियों ने भी अपने पर्चे दाखिल किये जिनमें गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह बिजनौर से कुंवर भारतेन्द् बागपत से सत्यपाल सिंह मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और आगरा से एसपी सिंह बघेल शामिल हैं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर और बागपत सीटों से नामांकन दाखिल किया कांग्रेस प्रत्याशियों बिजनौर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नगीना से ओमवती ने भी अपने अपने पर्चे दाखिल किए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में मतदान होगा वहीं दूसरे चरण के लिए कल तक नामांकन किये जा सकेंगे दूसरे चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी सीटों के साथ नगीना सुरक्षित बुलन्दषहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित और आगरा सुरक्षित सीट पर अठ्ठारह अप्रैल को मतदान होगा उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल वीवीपैट सेंपल सर्वे की संख्या एक से अधिक किए जाने के बारे में ब्रहस्पतिवार तक जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने इस बारे में ब्रहस्पतिवार शाम चार बजे तक जवाब पेश करने को कहा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल भुगतान को और लोकप्रिय बनाने तथा फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेश बढ़ाने के उद्देश्य से पांच सदस्यों की समिति नियुक्त की गई है आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित वित्तीय टैक्नोलॉजी कॉनक्लेव फिनटेक के उद्घाटन समारोह में श्री दास ने कहा कि हाल के एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फिनटेक अपनाने में बावन प्रतिशत की दर के साथ दूसरी रैंकिंग दी गई है देश में काम कर रही एक हजार दो सौ अट्ठारह फिनटेक कंपनियों ने बड़ी संख्या में रोजगार के मौके उपलब्ध कराए हैं ये निवेश के लिए भी बढिया माहौल तैयार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में आज चार हैवीलिफ्ट चिन्क हैलीकॉप्टर विधिवत शामिल किये गये एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने आज चण्डीगढ़ के वायुसेना बेस में आयोजित समारोह में यह घोषणा की चिन्क हैलीकॉप्टर चण्डीगढ़ के वायु सेना स्टेशन बारह विंग में तैनात किये जाएंगे इस अवसर पर श्री धनोआ ने कहा कि ये हैलीकॉप्टर सीर्धे ऊपर उठ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में भारी वजन उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि देश की विविध सुरक्षा चुनौतियों को देखते हए सीधे ऊपर उठने की क्षमता जरूरी है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद उन्नीस मई की शाम से पहले नहीं किया जा सकता आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है